मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ इस समारोह का शुभारम किया श्री गहलोत ने समारोह में विजयदान सिंह देथा बिज्जी की पुस्तक का विमोचन भी किया इस अवसर पर श्री गहलोत ने आशा व्यक्त की कि इस उत्सव में आयोजित विभिन्न सत्रों में होने वाली चर्चाओं से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी

यातायात पुलिस ने भी आयोजन के दौरान शहर में यातायात के सुचारु संचालन के लिए विशेष इंतज़ाम किये हैं राज्य के सभी विभागों में खाली पदों के लिए लंबित भर्तियों की प्रगति की समीक्षा अब से मुख्यमंत्री खुद करेंगे इसके लिए हर महीने बैठक बुलाई जायेगी विभिन्न विभागों में मर्तियों की स्थिति पर जयपुर में आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि सभी भर्तियों को तय समय में पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि इसके लिए संबधित विभाग कार्मिक विभाग राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड आपस में समन्वय कर जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रकिया पूरी करें उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि जिन भर्तियों का मामला न्यायालय में लंबित है उसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा की जाये और उन्हें शीघ निपटाने के उपाय किये जाये

जम्मू कश्मीर में लोगों तक पहुंचने के सरकार के विशेष अभियान के तहत दस केन्द्रीय मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल आज विभिन्न जिलों का दौरा कर रहा है ये मंत्री अनेक विकास परियोजनाओं का उदघाटन करेंगे और आम लोगों से बातचीत करेंगे गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेश बनाने के बाद यह विशेष अभियान चलाया गया है

इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है

चीन में फैले कोरोना वायरस को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन जाने वाले यात्रियों को जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश के साथ एक यात्रा परामर्श जारी किया है देश के हवाईअड्डों पर लोगों को इस वायरस के बारे में जागरूक करने के सूचना पट्ट लगाये गये है स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों को इसे लेकर अपनी तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से भारतीय वीजा के लिए आवेदन देने वालों की जानकारी भी मांगी है

हालांकि भारत के सात हवाईअड्डों पर की गई जांच में अब तक वायरस प्रभावित किसी व्यक्ति का मामला सामने नहीं आया है

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

आकाशवाणी जयपुर की ओर से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में आज आकाशवाणी परिसर में पंचरंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसमें पांच भाषाओं में विभिन्न कवि कविता पाठ कर रहे है